श्री मोदी ने टवीट में कहा वह उन गांवों के लोगों से बातचीत करेंगे जिनमें पिछले चार वर्ष के दौरान बिजली पहुंचाई गई है

इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नरेंद्र मोदी ऐप और डीडी न्यूज पर देखा जा सकता है

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री विपिन परमार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं

सुंदर ठाकुर कुल्लू सदर के विधायक सुंदर ठाकुर ने कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को जल्द पूरा करने की मांग सरकार से की है कुल्लू में कल एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के विभिन्न पद खाली होने से खासतौर पर महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मुख्य सचिव मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने कल बिलासपुर के चंगर में बन रहे शहीद स्मारक के विकास कार्यों का जायजा लिया और स्मारक के लिए एक दिन का वेतन भी दिया प्रदेश सरकार के जनमंच कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि एक ईंट शहीद के नाम एक सराहनीय अभियान है जिसका उद्देश्य शहीद स्मारक का निर्माण कर भावी पीढ़ी को शहीदों द्वारा देश के लिए दी गई कुर्बानियों के बारे अवगत करवाना है मनीषा नंदा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परवाणू शिमला फोरलेन परियोजना के तहत कैथलीघाट से शिमला बाईपास निर्माण को लेकर कल शिमला में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई इसकी अध्यक्षता करते हुए लोक निर्माण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा ने अधिकारियों को सभी औपचारिकताएं समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए ताकि निर्माण कार्य में विलम्ब न हो एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर कांगड़ा में एयरफोर्स के लड़ाकू विमान के क्रैश होने से संबंधित खबर आज सभी अखबारों में सचित्र प्रकाशित है

अमर उजाला लिखता है पठानकोट से भरी थी उड़ान जुलाड़ गांव में आसमान से जलता हुआ गिरा विमान कुल्लू और चंबा में बादल फटने की घटना को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण की सुर्खी है मनाली व चंबा में बादल फटने से भारी नुकसान सात वाहन व छह पुलिया बही अमर उजाला लिखता है छह वाहन सात पुलियों समेत आठ घराट उपजाऊ जमीन बही पेयजल और बिजली लाइनों को भी नुकसान दैनिक भास्कर के शब्द हैं मनाली में बादल फटा पुल व सड़कें बही बिजली प्रोजेक्ट को नुकसान हिमाचल मंत्रिमंडल में होगा फेरबदल शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है दिल्ली हाईकमान केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर लौटे मुख्यमंत्री दिए संकेत एचपीसीए केस से जुड़ी खबर पर हिमाचल दस्तक ने उच्चतम न्यायालय के हवाले से लिखा है सरकार खुद केस वापिस क्यों नहीं लेती

अब हिमाचली उत्पादों का जायका लेंगे रेल यात्री अमर उजाला की एक खबर है इसी पत्र के अनुसार विजीलैंस को सौंपी तीन सहकारी बैंकों में भर्ती की जांच वहीं आपका फैसला का शीर्षक है विजीलैंस खंगालेगी तीन बैंकों का रिकार्ड पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री के हैलीकॉप्टर की बसाल में हुई एमरजेंसी लैडिंग आईपीएस संजय कुंडू को मिलेगा बड़ा ओहदा दिव्य हिमाचल की एक खबर है दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे आईपीएस संजय कुंडू एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में धर्मशाला में राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता की मेजबानी पर कई सवाल उठाए हैं और इसकी जांच किए जाने की मांग की हैं शीर्षक है आयोजन पर सवाल दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय पडडल की घास पर किकेट में लिखा है कि मंडी या हिमाचल के छोटे बड़े शहरों में सांस्कृतिक व व्यापारिक गतिविधियों के लिए अलग से सामुदायिक मैदान विकसित किए जाएं ताकि खेलों के लिए निर्धारित मैदान सुरक्षित रहें